तीन दिवसीय यह सम्मेलन कल शुरू हुआ प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भर में ऊर्जा के क्षेत्र में परिवर्तन हो रहे हैं उन्होंने कहा कि ऊर्जा की आपूर्ति उसके स्रोत और उसकी खपत के तरीको में तेजी से बदलाव हो रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिमी देशों की तुलना में अब एशियाई देशों में ऊर्जा की खपत बढ़ी है प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी प्रसन्नता व्यक्त की कि दुनिया के देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए साथ आ रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक महत्वपूर्ण स्रोत है उन्होंने कहा कि सभी को बिना भेदभाव के ऊर्जा उपलब्ध कराना देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है अवैध शराब बिक्री मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पुलिस और आबकारी विभाग को प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री करने वालों के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिये है कल छिंदवाडा में मख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग भी अवैध शराब की बिक्री में लिप्त हैं ऐसे लोगों पर कड़ी कार्यवाही कर अवैध शराब की बिक्री पर सख्ती से अंकुश लगाया जाये श्री नाथ ने अवैध शराब की बिक्री के अड्डे खत्म करने और पड़ोसी राज्यों की सीमाओं पर विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिये

नर्मदा जयंती होशंगाबाद में दो दिवसीय नर्मदा जयंती महोत्सव आज सुबह मंगलाचरण में पूजन अर्चन और भजनांजली के साथ शुरू हुआ इस दौरान सेठानी घांट पर आकर्षक विद्युत सज्जा की गई है यहां आज शाम महाआरती की जायेगी कल महोत्सव के दूसरे दिन शहर में शोभायात्रा निकाली जायेगी मंगलवार शाम जल मंच से मां नर्मदा का अभिषक और महाआरती होगी मुंबई के प्रसन्न राव की भजन संध्या के साथ महोत्सव का समापन होगा

जबलपुर में भी नर्मदा जयंती कल पारंपरिक श्रद्धाभाव के साथ मनाई जायेगी इस दौरान मां नर्मदा का विशाल चुनरी चढ़ाकर श्रंगार किया जायेगा नरसिंहपुर में भी नर्मदा जयंती के साथ कल ऐतिहासिक बरमान मेर्ले का औपचारिक समापन हो जायेगा कार्यशाला अमरकटंक क्षेत्र की जलवायु के अनुकूल औषधीय पौधों की खेती के बारे में किसानों को जागरूक बनाने के उद्देश्य से अनूपप्र जिले के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के तत्वावधान में कल कार्यशाला आयोजित की गई कार्यशाला में बड़ी संख्या में स्थानीय किसानों ने भाग लिया कार्यशाला में विश्वविद्यालय के आसपास के किसानों को क्षेत्र में उपलब्ध ब्राह्मी गुलबकावली कामराज वनजीरा और जंगली प्याज जैसे पौधों की खेती और इनके बाजार के बारे में जानकारी दी गई मौसम तीन दिन से पड़ रही कड़ाके की ठंड से आज थोड़ी राहत मिली है राजधानी भोपाल सहित आसपास के जिलों में तेज धूप की वजह से दिन के तापमान में इजाफा हुआ है हालांकि जबलपुर और चंबल संभागों के जिलों में तथा होशंगाबाद राजगढ गुना और दतिया जिलों में कल शीतल दिन रहा वहीं रीवा उमरिया जबलप्र मजालखंड खजुराहो बैतूल धार खंडवा रतलाम और दतिया जिलों में शीतलहर चली प्रदेश में सबसे कम तापमान बीती रात खजुराहो में चार डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया

मौसम विभाग के अनुसार चार दिन बाद फिर मौसम बदल सकता है विभाग ने उज्जैन भोपाल इंदौर होशंगाबाद विदिशा रायसेन सीहोर राजगढ सहित कई जिलों में बारिश का अनुमान जताया है

वहीं इस हादसे में बत्तीस लोग घायल हो गये

इस दौरान जागरूकता रैली नुक्कड़ नाटक नेत्र परीक्षण शिविर निबंध प्रतियोगिता के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया कटनी जिले में गिरते भू जलस्तर को देखते हए नये नलकूप खनन पर रोक लगा दी गई है